कल ग्रामीन कार्य विभाग मंत्री हुनचुन ङानदाम और संबंधित विभाग के आलाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने म्यांमा सीमा से लगे प्रदेश के महत्वपूर्ण विजयनगर को सड़क से जोड़ने पर चर्चा की उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मियाओं विजयनगर मार्ग के लिए पुलों और नालों के निर्माण हेतु उनतालीस करोड़ का अतिरिक्त बजट मुहैया करने के लिए तैयार है बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री ने श्री मैन को बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों को सड़क से जोड़ने की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने राज्य में खानो और खनिज भंडारों का पता लगाने का आह्वान किया है भू विज्ञान और खनन विभाग एवं राज्य खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ कल एक बैठक में उन्होंने राज्य के संसाधनों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने विभाग से संभावित क्षेत्रों का पता लगाने पर पड़ने वाले खर्च पर बजट तैयार करने और उसे आवंटित करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को अतिरिक्त लेवी के भुगतान के लिए भू विज्ञान और खनन विभाग को बत्तीस करोड़ रुपये आवटिंत किए थे दिवांग वैली जिले में कल रिक्टर पैमाने पर चार दशमलव पांच तिब्रता का भूकंप की झटके महसूस किए गए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बारह बजकर सत्ताईस मिनट पर आई इस भूकंप का केंद्र तैतीस किलोमीटर गहराई पर था हालांकि जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नही है इससे पहले उन्नीस और बीस जुलाई को भी अलग अलग तीब्रता के चार भूकंप के झटके महसूस किए गए सेप्पा में भूकंप के कारण कुछ घरों में दरारे आ गई है असम में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से निचले असम की स्थिति खराब हो गई है बाढ़ की गंभीर स्थिति वाले जिलों में नलबाड़ी बरपेटा बोगाईगांव कोकराझार जिले शामिल हैं सेनाएन डी आर एफ और एस डि आर एफ की टीमें बचाव कार्य के लिए भेज दी गई है बोगाईगांव के उपायुक्त ने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे है और बोगईगांव कस्बे में तत्काल राहत और बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं राज्य में कम से कम उनहत्तर लोगों की जान गई है असम के उन्नीस जिलों में आई बाढ़ से अटठाईस लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं इधर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनोहिल्स दोईमुख में आज असम बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए डोनेशन कैंप लगाया गया राजीव गांधी विश्वविद्यालय असम छात्र फोरम द्वारा आयोजित यह शिविर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि बाढ़ पीडितों की सहायता के लिए लोग स्वेच्छा से दान कर सके कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बारे में भाजपा की राज्य इकाई संसदीय बोर्ड के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है पार्टी विधायक मध्रस्वामी ने आज बेंगलुरु में मीडिया को बताया कि बोर्ड से निर्देश मिलने के बाद ही पार्टी विधायक दल की बैठक तय की जायेगी इसके बाद ही विधायक दल के नेता राज्यपाल के पास सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणि से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे है कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने प्रख्यात हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इन कहानियों में निहित संदेश आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेमचंद की ईदगाह पूस की रात और नशा जैसी कहानियां हमारे समाज की कट् सच्चाईया उजागर करती है और सरल तथा सुबोध भाषा में मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करती है